नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन आयोजित विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा सहित प्रदेश के विधायक भी शामिल होंगे राज्य विधानसभा में मीडिया पर असंसदीय टिप्पणी को लेकर हंगामा सत्ता पक्ष ने विपक्ष से माफी की मांग की सतना जिला अस्पताल राष्ट्रीय गुणवत्ता हासिल करने वाला प्रदेश का पहला अस्पताल बना इच्छा मृत्यु उच्चतम न्यायालय ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए लाइलाज रोगियों को इच्छा मृत्य देने की अनुमति प्रदान कर दी है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने लिविंग विल को मान्यता देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए लाइलाज रोगियों को कुछ नियमों और प्रक्रियाओं के तहत इच्छा मृत्यु देने की अनुमति प्रदान की पीठ में शामिल न्यायमूर्ति एके सिकरी न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने इस बारे में दिशा निर्देश भी तय किये कि अंतिम इच्छा को कौन कार्य रूप देगा और मेडिकल बोर्ड इस आधार पर इच्छा मृत्यु के लिए कहेगा सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि ये निर्देश इस बारे में कानून बनने तक लागू रहेगे विधायक सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल संसद के केन्द्रीय कक्ष में दो दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे इस सम्मेलन का उद्देश्य देशभर के सांसदों विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को अपने अनुभव साझा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है सम्मेलन का विषय है विकास के लिए हम

उन्होंने कहा कि सम्मेलन ऐसे प्रतिनिधियों को विशेष अवसर प्रदान करेगा जिनके निर्वाचन क्षेत्र में अपार संभावनाएं और विकास की आकांक्षाएं हैं

संसद समिति कर वित्त मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने देश में करदाताओं की कम संख्या पर चिंता जतायी है

संसद में आज रखी गई रिपोर्ट में समिति ने कहा कि करदाताओं की कम संख्या यह दर्शाती है कि देश की प्रत्यक्ष कर प्रणाली प्रतिगामी है समिति ने यह सिफारिश की है कि काफी समय से लंबित प्रत्यक्ष कर संहिता को नीतिगत स्तर पर इस विषय का हल निकालना चाहिए

इस शिविर में शासन की जनकल्याणकारी एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को लाभांवित किया जाएगा पहली बार इस तरह का शिविर का आयोजन हो रहा है जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने बताया कि इस शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं पर केन्द्रित स्टॉल लगाए जाकर हितग्राहियों को लाभांवित किया जायेगा

इस महोत्सव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे इस आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने कानून और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए अधिकारीकर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी है दुष्कर्म इंदौर स्थित एक मॉल के प्ले जोन में नौ वर्षीय बालिका के साथ द्रष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण संबंधी अधिनियम पाक्सो के तहत भी मामला दर्ज किया गया है पुलिस सूत्रों ने बताया कि तुकोगंज थाना पुलिस ने आरोपी अर्जुन राठौर को आज गिरफ्तार कर लिया उसे कल घटना के बाद ही हिरासत में ले लिया गया था अर्जुन के खिलाफ द्वष्कर्म का प्रकरण भी दर्ज है

श्री मिश्रा ने कहा कि श्री पटवारी के एक परिजन के खिलाफ इंदौर में कतिपय मीडिया ने खबर प्रकाशित की है इस बात से क्षुब्ध श्री पटवारी ने सदन में मीडिया के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहें श्री मिश्रा ने कहा कि आज सदन में जो मुद्दा श्री पटवारी उठा रहे थे वह महिलाओं किसानों और जनहित से नहीं जुड़ा है उन्होंने पत्रकारों का मामला उठाकर सदन का समय जाया किया

प्रदेश विधानसभा में आज कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल के एक सवाल के लिखित जवाब में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह ने यह जानकारी दी विधानसभा दो राज्य विधानसभा में आज पेश तीन अशासकीय संकल्पों में से दो को सदस्यों ने वापस ले लिया और एक संकल्प को सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र को भेजने का निर्णय लिया गया कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के स्थाई जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरलीकरण करने का संकल्प प्रस्तुत किया उन्होंने कहा कि जाति प्रमाणपत्र नहीं होने से लोगों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है आदिम जाति एवं जनजाति कल्याण राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक कदम उठाये गये हैं नियमों में और सरलीकरण के लिये केन्द्र सरकार से पत्राचार किया जा रहा है एक बार फिर पत्र लिखा जाएगा अस्पताल सतना जिला अस्पताल राष्ट्रीय गुणवत्ता हासिल करने वाला प्रदेश का पहला अस्पताल बन गया है

कायाकल्प अभियान में भी सतना जिला अस्पताल प्रदेश में अग्रणी रहा है और पिछले तीन सालों से अवार्ड हासिल कर रहा है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह ने इस उपलब्धि के लिये विभाग और सतना जिला अस्पताल प्रशासन को बधाई दी है प्रतिमा शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में सिंध नदी के तट पर जैन तीर्थकर भगवान महावीर की पत्थर से निर्मित एक बड़ी प्रतिमा मिली है बदरवास जैन समाज के अध्यक्ष ने बताया कि यह प्रतिमा सिंध नदी के बदरवास के अखाई घाट पर मिली है रेत खनन करने वालों ने कल इस पत्थर को सीधा किया तो यह प्रतिमा सामने आयी इस प्रतिमा का जैन मंदिर में लाकर रखा गया है

इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुयी